इसके अलावा गणेश प्रतिमाएं सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं की जा सकेंगी जन्माष्टमी एवं मोहर्रम पर जुलूस और ताजिए भी नहीं निकाले जा सकेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से कहा है कि वे घर पर ही इन त्यौहारों को मनाएं

इस बार स्वतंत्रता दिवस भी सीमित रूप से मनाया जाएगा कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी कोरोना बचाव प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के मकसद से गृह विभाग ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को नए दिशा निर्देश जारी किये हैं इनमें कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट क्रायसेस मैनेजमेंट ग्रप के परामर्श से केवल प्रत्येक रविवार को ही बाजार बंद रखे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी

वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या सैतीस हजार से ज्यादा हो गई है इनमें से करीब अट्ठाइस हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं जिससे सकिय मामलों की संख्या मात्र नौ हजार बची है रिकवरी दर बढ़कर चौहत्तर प्रतिशत से अधिक हो गई है

पीएम स्वच्छताकेन्द्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम पौने पांच बजे नई दिल्ली स्थित राजघाट के पास राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्घाटन करेंगे यह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनुभव साझा करने का माध्यम होगा इस केन्द्र से देश के स्वच्छता अभियान से संबंधित विशेष दृश्य श्रव्य कार्यक्रम का लाभ लिया जा सकेगा इसमें विश्व के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान से संबंधित भारत की स्वच्छता यात्रा के बारे में बताया जाएगा तोमर मध्यप्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार श्रेणी में देश का पहला पुरस्कार मिला है यह पुरस्कार प्रदेश की पंचायतों में बेहतर तरीके से ई गवर्नेंस सिस्टम लागू करने और पंचायतों के कामकाज में ई गवर्नें स सिस्टम से पारदर्शिता लाने के लिये मिला है

कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह के वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयोजित समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पुरस्कार जीतने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को बघाई दी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

यह आंदोलन मुम्बई में ग्वालिया टैंक से आरम्म हुआ था प्रतिवर्ष आज का दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है